स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में यह राशि भेजेंगे कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी बिहार सहित छह राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री भी मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष लाभार्थी किसानों को छह छह हजार रुपये दो दो हजार रुपये की तीन किस्तों में दिए जाते हैं यह राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में अंतरित की जाती है भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि नए कृषि कानून किसानों के आर्थिक विकास के लिए क्रांतिकारी कदम साबित होंगे श्री राय आज समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय मे किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार वर्ष दो हजार बाईस तक किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए कृतसंकल्प है केन्द्रीय मंत्री ने विपक्षी दलों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चौधरी चरण सिंह जीवनभर गांवों और किसानों के विकास के प्रति समर्पित रहे उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान किसानों के फायदे की अनेक नीतियां शुरू कीं रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चौधरी चरण सिंह की प्रेरणा से ही किसानों के हित में अनेक कदम उठा रहे हैं और किसी भी सूरत में उनका अहित नहीं होने देंगे श्री सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री देश के सबसे सम्मानित किसान नेताओं में अग्रणी थे उन्होंने कहा कि चौधरी साहब ने जीवनभर किसानों की समस्याओं को उठाया और उनके कल्याण के लिए कार्य किए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी सभी देशवासियों को किसान दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को नेतृत्व वाली एनडीए सरकार देश में किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है

एमएसपी की रबी और खरीफ की जो खरीद है इस वर्ष भी बहुत अच्छे से हुई है और रबी की फसल की बुआई के समय एमएसपी घोषित कर दी है एमएसपी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डेढ़ गुना किया गया है खरीद का वॉल्यूम भी बढ़ाया गया है पहले गेह और धान पर ही खरीद होती थी अब दलहन और तिलहन पर भी खरीद की जा रही है और एमएसपी से किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा मिल सके और उसमें अधिक पैसा हम खर्च कर सकें इस दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता पहले भी थी आज भी है और आने वाले कल में रहेगी केन्द्र सरकार ने ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया रूप सामने आने के मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है इसमें उन सभी अतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं जो इस वर्ष पच्चीस नवम्बर से तेईस दिसम्बर तक ब्रिटेन गये हों या ब्रिटेन से गुजरे हों सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को पिछले चौदह दिनों की यात्रा के बारे में जानकारी देनी होगी और स्वघोषणा पत्र भरना होगा ब्रिटेन के विभिन्न हवाई अड्डों से इक्कीस दिसम्बर से तेईस दिसम्बर की अवधि के दौरान भारत आने वाले सभी यात्रियों के लिए संबंधित राज्य सरकारों को आर टी पी सी आर जांच की सुविधा का प्रबंध करना होगा प्रदेश में कोविड उन्नीस से अब तक दो लाख बयालीस हजार दो सौ चौवालीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों में तीन सौ नौ लोगों को उपचार के बाद छूट्टी दी गयी स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव चार दो प्रतिशत है वहीं एक दिन में छह सौ चालीस नये मामलों की पुष्टि के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख अड़तालीस हजार छह सौ अड़सठ हो गयी है आज सबसे अधिक दो सौ संतावन मामले पटना जिले से सामने आये हैं वहीं औरंगाबाद से तिहत्तर मामलों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले दर्ज किये गये हैं इसी अवधि में पांच मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार तीन सौ सड़सठ हो गया है प्रदेश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या पांच हजार छप्पन है दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अनूपम प्रकाश ने कोविड संक्रमण से बचाव के लिये लोगों से बदलते मौसम के दौरान अधिक सतर्क रहने और भीड़भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाने की अपील की है

उनमें हमें बहुत ही संभल कर रहना चाहिए बिल्क्ल अति आवश्यक हो तो जाना चाहिए उस समय बाजार जाएं जिस समय भीड़ भाड़ कम हो तीन चीजें बहुत इंपोटेंट हैं एक चीज की थोड़ा सा हमें रिइंफेक्शन होने के चांसेजहो रहे हैं द्रसरा वैक्सीनेशन आने की संभावना बहुत ज्यादा है और तीसरा ठंड में दिक्कत होने की संमावना ज्यादा रहती है तो हमें बहुत बच करके रहना है बाजारों से जो बहुतदूर रहें जब तक की बहुत अति आवश्यक न हो केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट का दावा करने वाली एक वेबसाइट और इस पर विभिन्न पदों के लिये आमंत्रित आवेदनों को फर्जी करार दिया है पीआईबी ने एक ट्वीट में कहा है कि एजेंसी ने अभी किसी भी पद के लिये कोई विज्ञापन जारी नहीं किया है केन्द्र सरकार ने कहा है कि कोविड वैक्सीन की संभावित उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता वाले समूहों की पहचान की जाएगी हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहले समूह में स्वास्थ्यकर्मी शामिल किए गए हैं क्योंकि आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए उनकी सुरक्षा जरूरी है

जो सह रुग्णता परिस्थितियों में है क्योंकि इस श्रेणी में मृत्यु दर अधिक हैं

अनुपम मिश्रा आकाशवाणी समाचार दिल्ली कोविड टीकाकरण को लेकर प्रदेश में प्रखंड स्तर पर टास्क फोर्स का गठन होगा राज्य स्वास्थ्य समिति ने इस संबंध में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारियों को निर्देश जारी किया है स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी ही टास्क फोर्स के अध्यक्ष होंगे अन्य सदस्यों में स्वास्थ्य कर्मी पारा मेडिकल कर्मी और आशा कार्यकर्ता शामिल होंगी ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड टीकाकरण को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये ये व्यवस्था की गयी है पीएमसीएच सहित प्रदेश के सभी नौ मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टर मानदेय में वृद्धि की मांग को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर हरेन्द्र कुमार ने कहा कि वर्ष दो हजार सत्रह से स्टाईपेंड में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है जबकि नियम के अनुसार हर तीन साल पर इसमें बढ़ोतरी होनी है हड़ताल के कारण मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं बाधित हुई हैं जूनियर डॉक्टरों की अनुपस्थिति का असर ओपीडी और आपातकालीन सेवा पर पड़ रहा है हालांकि कोविड से संबंधित चिकित्सा सेवाएं जारी हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने की की केंद्र सरकार से मांग की है श्री कुमार ने इस संबंध में नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पूरी को पत्र लिखा है श्री कुमार ने कहा कि हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर उड़ानों की संख्या बढ़ाने और अन्य विमानन कंपनियों की सेवाओं को दरभंगा हवाई अड्डा से जोड़ने की जरूरत है मुख्यमंत्री ने दरभंगा हवाई अड्डे का नाम कवि कोकिल विद्यापति के नाम पर रखने के प्रस्ताव को भी जल्द से जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिये यहां स्थायी टर्मिनल भवन निर्माण के लिए केंद्र सरकार के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित है मौसम विभाग ने पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण गोपालगंज दरभंगा और सीतामढ़ी सहित उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य बिहार के बारह जिलों में कल कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक रवीन्द्र कुमार ने बताया कि सुबह में कोहरे का प्रभाव बना रहेगा और बाद में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे रात के तापमान में कोई कमी नहीं आयेगी

पटना उच्च न्यायालय ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड का अब तक गठन नहीं किये जाने पर गहरी नाराजगी जतायी है गया के विष्णुपद मंदिर के प्रबंधन से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने कहा कि सरकार को हर काम के लिये न्यायालय के आदेश की जरूरत होती है जो दुर्भाग्यपूर्ण है न्यायालय ने इस मामले में सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रदेश में विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया जा रहा है श्री कुमार पटना में सरदार पटेल भवन स्थित पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण को लेकर सरकार एक एक बिन्दु पर ध्यान दे रही है बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद थे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार मुलाकात की कल दोनों का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात का कार्यक्रम है दोनों नेताओं ने केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल और स्मृति ईरानी से भी भेंट की औरंगाबाद में नवनिर्मित प्रदेश के पहले और देश के सातवें इंस्टीच्यूट ऑफ ड्राईविंग एंड ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर का आज परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने उद्घाटन किया अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण संस्थानों से लोग वाहन चालन के विभिन्न तकनीकी पहलुओं से अवगत होंगे जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आयेगी इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के उन्नीस लाभुकों के बीच ऑटोरिक्शा का वितरण किया सीवान जिले के सराय ओपी के प्रभारी गोपालजी पांडेय को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है पूर्वी चंपारण जिले के कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बरवा खुर्द गांव में अपराधियों ने एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र से उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है

स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित